आईटीबीपी जवान गोलीबारी नारायणपुर जिले के कडेनार स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी कैम्प में आज सुबह हिंसक झड़प में छह जवानों की मौत हो गई बताया जाता है कि आपसी विवाद के बाद एक जवान ने एके फोर्टी सेवन से फायरिंग कर पांच जवानों को मौके पर ही मार डाला

मिली जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी के साथ राज्य सरकार ने भी इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं मृतकों में दो हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबल शामिल हैं

उन्होंने मारे गए जवानों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए जरुरी कदम उठाए जाएंगे

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि घायल जवानों का बेहतर उपचार किया जाए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि आपसी विवाद पर इस तरह की घटना दुर्भाग्यजनक है

जानकारी के अनुसार प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रूप की अनुशंसा पर डॉक्टर सिंह और उनके परिजनों की सुरक्षा में कमी की गई है पहले उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा मिली थी लेकिन अब उन्हें और उनके परिजनों को सिर्फ जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी इसके साथ ही प्रदेश में कुछ विशिष्टजनों की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है चित्रकोट से कांग्रेस विधायक रामजन बेंजाम को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है वहीं पूर्व विधायक अमित जोगी की सुरक्षा संबंधी मांग को खारिज कर दिया गया है उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जा रही है नगरीय निकाय चुनाव नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षकों के आज रायपुर में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने जरूरी दिशा निर्देश दिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वंतत्र निष्पक्ष पारदर्शी और सुव्यवस्थित निर्वाचन की जिम्मेदारी प्रेक्षकों की है उन्होंने प्रेक्षकों से कहा कि वे निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें श्री सिंह ने सभी प्रेक्षकों को नामांकन दाखिले को आखिरी दिन तक संबंधित जिलों में पहुंचकर काम शुरू करने के निर्देश दिए

रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि चुनाव के दौरान बागी होने वाले पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को छह साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा कांग्रेस ने पार्टी से बगावत करने वालों पर नजर रखने के लिए एक टीम भी बनाई है दूसरी ओर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्षद पदों के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है कांग्रेस की ओर से नगर पालिका निगम जगदलपुर धमतरी चिरमिरी नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ दीपका कटघोरा और नगर पंचायत पाली छुरी खोंगापानी नईलेदरी तथा झगराखंड के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया वहीं भाजपा की ओर से बालोद जिले के दो नगर पालिका और छह नगर पंचायतों के पार्षद उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई है इसी तरह सरगुजा में भाजपा की संभागीय चयन समिति ने भी अंबिकापुर नगर पालिका निगम से पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है

उन्होंने आज मंत्रालय में कोल कम्पनियों और रेल्वे के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली श्री मण्डल ने अधिकारियों से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह और हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा के लिए जरूरी मात्रा में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए स्टेट पावर कंपनी स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर और प्रबंध निदेशक केआरसी मूर्ति तथा पारेषण कंपनी की प्रबंध निदेशक तृप्ति सिन्हा को हटा दिया गया है श्री मूर्ति की सेवाएं एनटीपीसी को लौटा दी गई हैं श्री मूर्ति की जगह सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर राजेश वर्मा को डायरेक्टर और एमडी बनाया गया है वहीं तृप्ति सिन्हा के स्थान पर अशोक कुमार को पारेषण कंपनी का एमडी नियुक्त किया गया है

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में चल रहे इस सम्मेलन में दो सौ से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे अनिता वहां पर्यावरण के मुद्दों को सुलझाने में डिजिटल तकनीक की सहभागिता पर अपनी बात रखेंगी सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा इसमें दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञ शोधार्थी और विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं ये लोग दुनिया में पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंता को लेकर विचार विमर्श करेंगे अनिता फिलहाल मास्को की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अनिता के पिता अशोक मजुमदार और दादा वीएम मजूमदार भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत् रहे हैं

श्री उइके का मुंबई के एक अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था वे राज्य के समाज कल्याण विभाग के संचालक थे और आबकारी विभाग में आयुक्त पद पर पदस्थ थे श्री उइके मूलतः कांकेर जिले के रहने वाले थे लेकिन लंबे समय से वे दुर्ग में निवासरत थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री उइके के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है ट्रेन रद्द दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रायपुर और दुर्ग गोंदिया कलमना रेल खंडो में आवश्यक रखरखाव कार्य होने के कारण कल से कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा यह कार्य इकतीस दिसंबर तक चलेगा इस दौरान तेरह से सत्ताईस दिसंबर तक डोंगरगढ गोंदिया बिलासपुर रायपुर मेम्र रायपुर द्र्ग मेम् और रायपुर डोंगरगढ मेमू रद्द रहेगी इसी तरह चौदह से अट्ठाईस दिसंबर तक डोंगरगढ रायपुर मेमू नहीं चलेगी मिशन इंद्रधनुष बीते दो दिसंबर से देश के सत्ताईस राज्यों में मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण शुरू किया गया है इस अभियान के लिए छत्तीसगढ़ के सात जिलों का चयन किया गया है जिसमें महासमुन्द जिला भी शामिल है इस अभियान का उद्देश्य दो वर्ष तक के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है महासमुंद के जिला चिकित्सा अधिकारी सिध्देश्वर प्रसाद वारे ने बताया है कि अभियान के तहत आठ बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके लगाए जा रहे हैं पेंशन योजना प्रदेश में इन दिनों प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है श्रमिक छह दिसंबर तक पंजीयन करा सकेंगे योजना के तहत सरगुजा जिले में अब तक तीन हजार से अधिक मजदूरों ने पंजीयन कराया है जिले के श्रम अधिकारी ने बताया कि रिक्शा चालक मनरेगा श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मितानिन फृटकर विक्रेता कृषि श्रमिक फेरीवाले घरेलू कामगार दर्जी और छोटे दुकानदारों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनकी आयु अट्ठारह से चालीस वर्ष के बीच है और मासिक आय पंद्रह हजार रूपये से कम है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं संक्षिप्त समाचार वस्तु और सेवा कर जीएसटी के अगले वर्ष से लागू होने वाले नए रिटर्न प्रणाली में ट्रायल रिटर्न भरने की अंतिम तिथि छह दिसंबर है कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर तहसील स्थित भीरागांव के छात्रावास अधीक्षक अजय उइके को कार्य में अनुपस्थित रहने और अनुशासनहीनता के आरोप में जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है